शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कल जयपूर में बताया कि इन तीनों शहरों में दो दो नगर निगम होंगे उन्होंने बताया कि सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और इन तीनों शहरों में पुनर्सीमांकन के बाद ही चुनाव होंगे पूर्व में प्रस्तावित निकाय चुनाव के पहले चरण में इन तीनों शहरों के नगर निगमों में चुनाव नहीं होंगे

उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कांग्रेस सरकार द्वारा वार्डो का पूनः सीमांकन करने और हाईब्रिड मॉडल लागू करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है श्री पूनिया ने सरकार के इस फैसले को जनता के साथ विश्वासघात बताया है सरकारी अधिसूचना के अनुसार जयपूर नगर निगम को दो निगमों जयपूर हेरीटेज और ग्रेटर जयपुर में बांटा गया है

श्री धारीवाल ने कहा कि नवगठित नगर निगमों के वार्डों के सीमांकन परिसीमन का काम दो तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा

अन्य सम्पत्ति संबंधी प्रावधानों को राज्य सरकार ने समाप्त करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधानों की जटिलता समाप्त होगी और लोगों को इसके प्रमाण पत्र आसानी से मिल सकेंगे राज्य सरकार इसके लिए शीघ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन करेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी है सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब छह लाख कर्मचारियों को फायदा होगा

यह बोनस पंचायत समिति जिला परिषद के कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा

कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस और भाजपा दोनो ही पार्टियों की ओर से चुनावी सभाएं की जाएंगी इससे पहले कल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंडावा में प्रचार किया वहीं भाजपा की ओर से सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमामालिनी ने झुंझुनू जिले के मलसीसर में जनसभा की

निर्वाचन विभाग की ओर से ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है

श्री कुमार ने कहा कि राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में पंजीकृत मतदाता जिन्होंने अभी तक अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं करवाया है वे किसी भी माध्यम से इनका सत्यापन करवा सकते हैं